बाराबंकी जिले में जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या बढ़ कर सत्रह हुई वर्ष दो हजार तेरह के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में सभी बारह आरोपियों को सबूतों के अभाव में किया गया बरी प्रदेश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप और बढ़ा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में आज शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बंगलादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद नई दिल्ली पहुंच गए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना किर्गिज्स्तान के राष्ट्रपति सूरोन्बे जीनबेकोफ और म्यामां के राष्ट्रपति यू विन मिंट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आज पहुंच रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द कुमार जुगनाथ नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोटे त्रोरिंग और थाईलैंड के विशेष दूत प्रिसादा बूनराच मी समारोह में शामिल होंगे बिम्सटेक और अन्य पड़ोसी देशों के नेताओं ने भी शपथग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह द्सरा कार्यकाल होगा विदेश मंत्रालय के प्रक्ता रवीश कुमार ने यह जानकारी दी सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को शपथग्रहण समारोह का आमंत्रण मेजा गया है इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगी वित्तमंत्री अरूण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें नई सरकार में शामिल न किया जाए उन्होंने कहा कि पिछली एनडीए सरकार और पार्टी संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी अपने पत्र में जेटली ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए समय की आवश्यकता है मालदीव की संसद ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी मालदीव यात्रा के दौरान संसद में भाषण दिए जाने से सम्बद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया है संसद में उपस्थित अस्सी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहले विदेश दौरे में अगले सप्ताह मालदीव की यात्रा करेंगे बाराबंकी जिले में जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या बढ़कर सत्रह हो गई है चालीस से अधिक लोगों का विमिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस मामले में मुख्य आरोपी पप्पू जायसवाल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है बाराबंकी के जिलाधिकारी उदय भानु त्रिपाठी ने कल यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पैंतीस लोगों का लखनऊ के ट्रामा सेंटर जबकि अन्य कई लोगों का बाराबंकी में उपचार किया जा रहा है जिलाधिकारी ने बताया कि शराब पीने से मरने वाले दो लोगों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों ने पहले ही कर दिया उसकी जांच की जा रही है अन्य मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है इसमें दो लोगों की बीमारी के कारण मृत्यु होना बताया गया है उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी रामनगर के सीओ एसएचओ और आबकारी निरीक्षक सहित पन्द्रह कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है पुलिस ने शराब की दुकान के लाइसेंस धारक समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है सरकार ने इस घटना की जांच के लिए आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यों की एक समिति बनाई है जो अड़तालीस घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने कहा कि बाल्यावस्था में दस्त के कारण होने वाली मृत्यू दर में कमी लाने के लिये प्रदेश भर में अटठाईस मई से नौ जून तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विमाग द्वारा कैम्पेन चलाकर वेक्टर बार्न डिसीज एईएस एवं जेई पर नियंत्रण किया गया इसी प्रकार दस्त नियंत्रण पखवाड़े के माध्यम से इस पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने लखनऊ में वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का शुभारम्म करते हुए कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में दस्त के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को शून्य पर लाना स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है वर्ष दो हजार तेरह के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में सभी बारह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है मुजफ्फरनगर के अपर जिला और सत्र न्यायधीश संजीव तिवारी ने यह फैसला सुनाया विशेष जांच दल ने डकैती और लूटपाट से संबंधित दो धाराओं के तहत तेरह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पृण्यतिथि पर कल प्रदेश भर में उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की गयी किसान नेता के रूप में मशहूर चौधरी चरण सिंह का निधन उन्नीस सौ सत्तासी में हुआ था वे भारत के पांचवे प्रधानमंत्री थे प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा प्रांगण में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हे श्रद्वाजलि दी इस अवसर पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े नेता थे उन्होंने सदैव किसानों के हितों की रक्षा के लिये आवाज उठाई उनके प्रयासों से ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हई उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोग्ना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रति सच्ची श्रद्वाजंलि हैं

प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूरे प्रदेश में लू का प्रकोप जारी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कल दिन का अधिकतम तापमान तैंतालिस से छियालिस डिग्री के बीच रिकार्ड किया गया

मौसम विमाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त लू चलने की चेतावनी भी जारी की है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलायी जा रही है इस योजना के अन्तर्गत यूवक के दिव्यांग होने पर पन्दह हजार रुपये और यूवती के दिव्यांग होने पर बीस हजार रुपये तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में पैंतीस हजार रुपये दिये जा रहे हैं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विमाग के निदेशक अजीत क्मार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिये शादी के समय युवक की आयु इक्कीस से पैंतालिस के बीच तथा युवती की उन्न अट्ठारह से पैंतालिस वर्ष के बीच होनी चाहिए इसके साथ ही दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए उन्होंने बताया है कि ऐसे दिव्यांग जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो वे इस योजना का लाभ पाने के लिये विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों के लिए रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के जरिए पैसा भेजने का समय बढ़ाकर शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक कर दिया है रिजर्व बैंक ने मुम्बई में जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह व्यवस्था पहली जून से प्रभावी होगी आरटीजीएस में धन का तत्काल अंतरण हो जाता है रिजर्व बैंक ने कहा है कि दोपहर बाद एक बजे से शाम छः बजे तक प्रति ट्रांजैक्शन पांच रुपये शुल्क लगेगा